श्री चौहान आज भोपाल के लाल परेड़ मैदान में आयोजित संबल योजना के तहत नगरीय निकायों में छोटे व्यवसायियों को लाभ देने वाले हितग्राही सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे निम्न वर्ग के कल्याण के लिये हर संभव प्रयास कर रहे हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में संबल योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को छह से नौ महीने के बीच चार हजार और प्रसव के बाद बारह हजार रूपये देने की व्यवस्था की गयी है जिससे प्रसूता और नवजात शिशु पौष्टिक आहार ले सके साथ ही गरीब बच्चों की पढाई का जिम्मा राज्य सरकार उठायेंगी स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक की फीस प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी इस मौके पर श्री चौहान ने हितग्राहियों को बिजली माफी योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं के हित लाभ वितरित किये इसी तरह के आयोजन प्रदेश के सभी जिलों में किये जा रहे है

वहीं ग्वालियर में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने हितग्राहियों को लाभ दिये

हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया है कि इसके लिये पूर्व क्षेत्र मध्य क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने अपने क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से इस विशेष लोक अदालत में आने की अपील की है ताकि उन पर दर्ज मामले वापिस लिये जा सके

कलश यात्रा को विभिन्न स्थानों पर लोगों के दर्शन के लिये रोका जाएगा जिसे बाद में नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया जाएगा कलश यात्रा में भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे

डाक विभाग के जरिये भेजे गये इस पत्र में मुख्यमंत्री ने न केवल अपनी एक दशक की उपलब्धियों की जानकारी दी है साथ ही राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिये चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया है श्री चौहान ने लिखा है कि अगले पांच वर्ष में उनका लक्ष्य प्रदेश की बहनों बेटियों और भांजियों को सुरक्षित सम्मानजनक और बेहतर वातावरण प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री के इस पत्र को चुनावी प्रचार करार दिया है

अभियान के तहत जिले से बड़ौद और सुसनेर विकासखंड का चयन किया गया है इसकी तैयारियों के लिये आज हुई बैठक में बताया गया कि एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सर्वे कराया जाएगा

इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से सुबह ग्यारह बजे प्रसारित किया जायेगा

प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में हल्की से मध्य वर्षा के आसार है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों का चक्रवात के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी वर्षा गतिविधियों के बढ़ने के आसार है

आज सुबह से ही राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में आसमान में बादल छाये हुए है और रूक रूक कर हल्की से तेज बौछारे पड़ रही है

वहीं इंदौर की महापौर ने कल रक्षा बंधन पर सिटी बसों में महिलाओं के लिये निशुल्क यात्रा की घोषणा की